अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य रोहित कमार सिंह ने कल शाम कोरोना वायरस नियंत्रण गतिविधियों की समीक्षा बैठक की उन्होंने रेपिड रेसपोंस टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए है बिना स्वीक ति के ड्यूटी हैडक्वार्टर छोड़ने वाले ड्यूटी ज्वाईन नहीं करने वाले डॉक्टर्स और नर्सिंगकार्मिकों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देष दिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने अधिक मूल्य पर मास्क बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है कोरोना वायरस संक्रमण की आशंका से बाजार में मास्क की मांग बढ़ गई है और उसके लिए विकेता सामान्य से अधिक कीमत ले रहे है डॉ हर्षवर्धन ने संक्रमण से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की और राज्यों से पर्याप्त सुविधाओं के साथ आइसोलेशन वार्ड और परीक्षण प्रयोगशालाएं तैयार रखने को कहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जनऔषधि दिवस के मौके पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जनऔषधि स्टोर के मालिकों और लाभार्थियों से बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि जनऔषधि दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है बल्कि उन करोड़ों भारतीयों लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का दिन है ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है

गौरतलब है कि जनऔषधि योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सात मार्च को देशभर में जनऔषधि दिवस मनाया जाता है कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जायेगा इसके अंतर्गत पूरे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है इसी कड़ी में प्रतापगढ जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के तहत किशोरी स्वास्थ्य बालिका मेला और किशोरियों की एक्सपोजर विजिट बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया ये बस विभिन्न सरकारी कार्यालयों का जिला स्तर पर भ्रमण करायेगी वहीं राजसमंद में कल रात वी विश फोर सोसायटी की ओर से अनुठी पहल करते हुए कल रात में महिलाओं और लडकियों ने सामूहिक रूप से स्कूटी चलाकर रैली निकाली गई राज्य सरकार ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर गंभीर है मुख्यमंत्री ने इससे किसानों को हुए नुकसान का तुरन्त आकलन करके राहत देने का निर्णय लिया है श्री गहलोत ने प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्रियों को नुकसान का जायजा लेने और किसानों से मुलाकात कर जल्दी से जल्दी नियमों के तहत राहत प्रदान करने को कहा है

ये विस्फोटक सामग्री सब्जी के बडे थेलों के नीचे छपाकर रखी गई थी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने येस बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिया है कि उनका पैसा सुरक्षित है उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक इस संकट के जल्दी से जल्दी समाधान के लिए काम कर रहा है वित्त मंत्री ने कहा कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए रिजर्व बैंक की पुनर्गठन योजना अगले तीस दिनों में लागू कर दी जाएगी नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि येस बैंक कर्मचारियों का वेतन और रोजगार एक वर्ष के लिए सुरक्षित है और बैंक की जमा राशि और खाताधारकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आज जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में शुरू हो गया है केन्द्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिज ने गुलमर्ग में इसका शुभारम्भ किया

सीकर के रींगस कस्बे में चल रहा बाबा खाटूश्याम का लक्खी मेला कल सम्पन्न हो गया

इस दौरान मंदिर की विशेष सजावट की गई थी